कहा गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी उच्चतम न्यायालय ने निर्मया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में एक और दोषी की याचिका खारिज की केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भपात की अधिकतम अवधि चौबीस सप्ताह करने संबंधी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी वसंत पंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हरसंभव कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री कल मिर्जापूर में गंगा यात्रा के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने गंगा को देशवासियों की आस्था के साथ साथ राष्ट्र के विकास और समृद्धि का प्रतीक बताया उन्होंने कहा कि सरकार गंगा किनारे बसे गांवों में विकास के कई कार्यक्रम शुरू करेगी श्री योगी ने कहा कि गंगा के तटों पर पाँच सौ मीटर के दायरे में गंगा उद्यान की स्थापना की जायेगी उन्होंने कहा कि गंगा के तटीय इलाकों में ईको टूरिज्म वाटर स्पोर्ट्स नौकायान आदि के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा गंगा यात्रा में शामिल होने से पूर्व श्री योगी ने विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया श्री योगी ने विंध्याचल के अमरावती चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और भरूहना चौराहे पर सरदार वल्लम भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया इन दोनों चौराहों का हाल ही में सुदरीकरण किया गया है और इनका नाम अटल चौक और सरदार पटेल चौक रखा गया है प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा को स्वच्छ रखने के अमियान से जन जन जुड़ रहा है श्री टंडन कल वाराणसी में गंगा यात्रा को मिर्जापुर के लिए रवाना करने से पूर्व एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे श्री टंडन ने कहा कि गंगा किनारे के गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें गंगा गांव के रूप में विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन गांवों में पार्क पाथ वे ओपन जिम सहित कई अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री मोती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अट्ठाइस हजार करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत कर गंगा को स्वच्छ निर्मल और अविरल बनाए रखने का अभियान शुरू किया है उन्होंने लोगों से गंगा को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपील की इस अवसर पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजमर पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सहित कई अन्य मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे उधर बिजनौर से शुरू हुई गंगा यात्रा का दूसरा रथ कल बुलंदशहर के नरौरा पहुंचा जहां वसीघाट पर भव्य गंगा पूजन और आरती का आयोजन किया गया केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई अन्य मंत्री इसमें शामिल हुए इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि गंगा हमारी सभ्यता की साक्षी है इसलिए गंगा को स्वच्छ रखने का दायित्व हम सबका है उन्होंने कहा कि सरकार ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए अभियान शरू किया है जिसके अंतर्गत वाराणसी और कानपुर में कई गंदे नालों को गंगा में गिरने से रोका गया है उन्होंने इसे गंगा को स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ी सफलता बताया गंगा यात्रा का कल देर शाम शाहजहांपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया गौरतलब है कि गंगा यात्रा के दो रथ सत्ताईस जनवरी को बिजनौर और बलिया से रवाना हुए हैं जो इकत्तीस जनवरी को यानी कल कानपुर पहुंचेंगे और इसी दिन यात्रा का समापन होगा उच्चतम न्यायालय ने निर्मया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड पाए चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार की याचिका खारिज कर दी न्यायमूर्ति आर बानुमति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का तेजी से निपटारा किये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने इस पर गहन विचार नहीं किया इस बीच एक अन्य दोषी अक्षय कुमार ने कल उच्चतम न्यायालय में क्युरेटिव याचिका दायर की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्मपात संशोधन विधेयक दो हजार बीस को मंजूरी दे दी है इसके अंतर्गत गर्मपात अधिनियम उन्नीस सौ इकहत्तर में संशोधन की व्यवस्था की गई है विधेयक में गर्मपात कराने की अधिकतम अवधि बीस सप्ताह से बढ़ाकर चौबीस सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है यह विघेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल नई दिल्ली में बताया कि विधेयक में गर्भावस्था के बीस सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय और बीस से चौबीस सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए दो चिकित्सकों की राय लेना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है दो चिकित्सकों में से एक सरकारी चिकित्सक होना जरूरी है

अब मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था है महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल करने का उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल करने का ये एक महत्वपूर्ण कदम है हाल में अदालतों में कई ऐसी याचिकाए आईं जिनमें यौन हिंसा के कारण या फिर कम आयु में गर्म धारण करने से होने वाली विक्र तियों की वजह से गर्भपात की अनुमति मांगी गई थी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया इस बीमारी से चीन में अब तक एक सौ बत्तीस लोगों की मौत हो चुकी है जबकि पूरे विश्व में लगभग छह हजार लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं इस बीच स्वास्थ्य विमाग ने चीन में फैले कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिकों को अपरिहार्य कारणों के अलावा चीन यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है इसमें चीन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य पर बारीकी से निगाह रखने को भी कहा गया है मंत्रालय ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की और इस दिशा में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की

कोरोना वायरस का कोई एक भी केस हमारे भारत के अंदर अभी नहीं है लेकिन बहुत सारे मीडिया में चौनल्स इसको इस तरह से लिख रहे हैं इस तरह से बता रहे हैं कोई अगर टेस्टिंग के लिए भी आइसोलेट किया जाता है तो उसको भी वो कोरोना वायरस आ गया है इस तरह से कृपया मत कहिए मत लिखिये

उधर आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों के दौरान यूनानी दवाएं काफी लामकारी होती हैं मंत्रालय ने लोगों को व्यक्तिगत सफाई रखने बार बार साबुन से हाथ धोने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है साथ ही बिना धुले हाथों से आंख नाक और मुंह को छूने से बचने को भी कहा गया है

नेपाल से सटे पीलीमीत जनपद के छब्बीस सीमावर्ती गांवों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है इन गांवों में कोरोना वायरस की जानकारी देने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस टीमें गठित की गई है और एक मोबाइल यूनिट भी तैनात की गई है वसंत पंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्वा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है वसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और मां सरस्वती की पीले और सफेद रंग के फूलों से पूजा करते हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा और अंतिम मुख्य स्नान चल रहा है प्रदेश मर में श्रद्धाल विमिन्न नदियों एवं सरोवरो में स्नान कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को वसंत पचमी की बधाई दी है अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वसन्त पचमी विद्या बुद्धि ज्ञान कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य का दिन है श्री योगी ने कहा कि वसन्तोत्सव प्रकृति के उल्लास का भी पर्व है उधर वसंत पंचमी के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी की परम्परा है वहीं ब्रज क्षेत्र में वसंत पचमी पर्व से ही होली शुरू हो जाती है ब्रजमण्डल के अधिसंख्य मंदिरों में आज से होली की तैयारियां की जा रही हैं आज ही महाप्राण पण्डित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती भी मनायी जा रही है प्रदेश में कल कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है संमल हापुड़ पीलीमीत बदायू मुरादाबाद और हमीरपुर जनपद में कल सुबह से हो रही बारिश के चलते सर्दी में इजाफा हुआ है बरेली में बारिश के कारण तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम रहा पीलीमीत में कल लगातार हुई बारिश के कारण खेतों में जलभराव होने से गेहूँ की फसल को नुकसान होने की संमावना बनी हुई है